नये मामलों में तैंतालीस मामले लोहित जिले से है जिसमें इकतालीस ग्रीफ कर्मी है राजधानी क्षेत्र ईटानगर से बत्तीस इसके अलावा ईस्ट सियांग से तेइस नामसाई से तेरह और वेस्ट सियांग जिले से दस मामले सामने आए है

सेप्पा में कल एक बैठक को संबोधित करते हए श्री लिबांग ने यह बात कही गौरतलब है कि पिछले सोमबार से स्वास्थ्य मंत्री राज्य के वेस्टर्न भाग का दौरा कर रहे है अब तक श्री लिबांग ने तावांग और वेस्ट कामेंग जिलो का दौरा कर लिया है बैठक के दौरान उन्होंने माना की करीबन हर जिलों में श्रमशक्ति की कमी है और ट्रांस्पर पोस्टिंग का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए उनके अनुसार जरुरतो के अनुसार स्वास्थ्य स्विधाओ के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को विभाजित करने का निर्णय संबंद्व जिला उपाय्क्तो और जिला चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाना चाहिए

इस घटना को ऑल ओलो संघ ने द्र्भाग्यपूर्ण बताते हए इसे अमानवीय कृत्य कहा संघ ने विद्रोही सम्हो से हिंसा को रोकने को कहते हुए कहा कि यह सिर्फ शांती और सामंजस्य को खत्म नही करता है बल्कि स्थानीय लोगो के सामान्य जीवन पर भी गहरा असर डालता है

इस कम्प्यूटर एप्लिकेशन में पहले से ही स्रक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा इसी तरह से डाटाबेस में पहले से ही स्रक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सकेगा फोटो का मिलान सफल होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ई मेल कर दिये जाएंगे

इस नई चेहरा पहचान प्रणाली से विदेशी विद्यार्थियों को काफी मदद मिलेगी इस प्रणाली से उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा जो आधार कार्ड या गलत मोबाइल नंबरों से डिजी लॉकर खोल नहीं पाते हैं